उन्होंने कहा कि यह टास्क फोर्स उच्च शिक्षा की चुनौतियों पर मंथन कर राजभवन को सुझाव देगी श्री मिश्र ने कहा कि उच्च शिक्षा की निरन्तरता को बनाए रंखने के लिए ऑनलाइन शिक्षा ही एकमात्र विकल्प उभरकर आया है राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों के पास लैपटॉप और कम्प्यूटर जैसी सुविधाएं नहीं है ऐसे में उन तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाना विचार का विषय है राज्यपाल ने कहा कि सिर्फ ऑनलाइन शिक्षण शुरू कर देने से ही समस्या खत्म नहीं होगी विश्वविद्यालयों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वे बाधारहित बिजली और इंटरनेट की आपूर्ति को कैसे जारी रखेंगे साथ ही छात्र छात्राओं को कम से कम खर्च में इंटरनेट डेटा किस तरह उपलब्ध होगा

आज तिरेपन नये मामले सामने आए हैं इनमें सबसे ज्यादा सत्ताईस रोगी भरतपूर में मिले हैं नागौर में बारह कोटा में पांच जयपुर में तीन अजमेर और जोधपुर में दो दो बांसवाड़ा और जैसलमेर में एक एक व्यक्ति में संकमण की पुष्टि हुई है इधर कुछ दिनों पहले प्रदेश के हॉटस्पॉट जिलों की श्रेणी में रहे भीलवाड़ा में हालात में काफी सुधार आया है जिला कलेक्टर राजेन्द्र भट्ट ने बताया कि जिले में अब कोरोना वायरस संकमण का एक भी व्यक्ति नहीं है

उन्होंने कहा कि मारपीट की घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी इस अवसर पर उन्होंने पुलिस के जवानों के नाम संदेश में कहा कि यह समय आपात स्थिति का है हमें संयम बनाकर रखना है और हमारा आचरण उत्तम होना चाहिए

इंधर आज जैसलमेर में बॉर्डर के गांवों में सीमा सुरक्षा बल के जवान पहुंचे उन्होंने ग्रामीणों को मास्क और सेनेटाइजर का वितरण किया

प्रतापगढ जिले में लॉकडाउन तोड़ने वाले और कानून व्यवस्था खराब करने वाले लोगों पर ड्रॉन से नजर रखी जाएगी जिला पुलिस को अत्याध्रनिक ड्रॉन प्राप्त हुआ है सवाईमाधोपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले नौ सो बहतर वाहन चालकों का चालान कियाँगया है जबकि दो हजार तीन सौ सतहतर वाहन जब्त कर लिए गए हैं

मंत्रालय ने बताया कि देश मेँ कोरोना वायरस से ठीक हुए रोगियों का प्रतिशत बढ रहा है

उन्होंने कहा कि दस दिनों में आए सुझावों को किसी भी बजट से पूरा करने की व्यवस्था की जाएगी श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां बेसहारा और निराश्रित लोगों का डाटा इकट्ठा कर उन्हें सरकार द्वारा जारी कल्याणकारी योजनाओं में स्थायी तौर पर जोड़ा जाएगा

जालौर जिले के किसान सदीक खान ने बताया कि बैंक में आयी राशि से उन्होंने घर का आवश्यक सामान खरीदा बूंदी के नवल सेन ने बताया कि उनको इस पैकेज के तहत मिले मुफ्त गेहूं और प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत उनकी पत्नी के खाते में आए पांच सौ रूपए से परेशानी कम हो गयी है

राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों को लिखे पत्र में श्री गंगवार ने नोडल अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया

इस मौके पर उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को बधाई दी है एक ट्वीट में श्री नायडू ने लोगों से अपनी विरासत संस्कृति और सभी स्मारकों को सुरक्षित और संरक्षित रखने का संकल्प लेने का आह्वान किया